कोविड महामारी के खिलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना परिश्रमी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है योजना के पांच साल पूरे होने पर सभी लाभार्थियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कवरेज में वृद्धि किए जाने के साथ ही जोखिम को कम किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा मिला है केन्द्र सरकार ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की

फसल बीमा योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी से अधिक की प्रीमियम लागत केन्द्र और राज्य सरकार वहन करती हैं

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से अपील की है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए वे सामने आये राज्यपाल आज अलीगढ़ में स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थीं उन्होंने कहा नये कृषि कानून कृषि और किसान के हित में हैं इससे किसानों को आगे बढ़ने नये प्रयोग करने और अपनी जमीन का अधिकतम सद्पयोग करने का मौका मिलेगा उन्होंने कहा कि यह समय सामाजिक बदलाव लाने का है हमें समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें युवा वर्ग अपना विशिष्ट योगदान दे सकता है उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकना हर व्यक्ति का कर्तव्य है राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जानकारी दी जाये जिससे वे इस योजना का लाभ उठा सकें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रदेश सरकार के कार्यकाल की चार वर्ष की उपलब्धियों का विवरण देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में काफी विकास हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार ने काफी कम समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है आज लखनऊ में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई शोध कार्यो को प्रोत्साहित किया गया नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करते हुए इसमें प्रवक्ताओं की तैनाती की गई उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के संचालन संबंधी कार्यो में काफी पारदर्शिता आई है एनओसी देने तथा संबंद्वता के कार्य को ऑनलाइन किया गया

छात्रों को बेहतर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए लाईब्रेरियों को ऑनलाइन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाम एक नई उपलब्धि दर्ज होने जा रही है

एक रिपोर्ट बनारसी लंगड़ा और दशहरी आम के साथ ही गाजीपुर की मटर मिर्च और चंदौली के काले चावल का स्वाद दुनियाभर में पहुंचाने के बाद अब काशी के कपड़े की चमक भी विदेशी कंपनियों को लुभा रही है जापानी कंपनी यूनीक्लो ने वाराणसी से कपड़े की खरीद करने का फैसला किया है और जल्दी ही कंपनी के प्रतिनिधि वाराणसी पहुंच कर स्थानीय बुनकरों से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्रालय के सहयोग से वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कल इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को वाराणसी के कपड़े की गुणवत्ता दाम और डिजाइन को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनीक्लो वाराणसी से कच्चे माल के तौर पर कपड़ा खरीदेगी और गुजरात में फैक्ट्री स्थापित करके इससे कपड़े तैयार करेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये हुए इस प्रजेंटेशन में नेशनल फैशन डिजाइनिंग इंस्टीटूयट के संयुक्त निदेशक बुनकर सेवा केन्द्र के निदेशक और ब्रनकरों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जा रहा है इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने कहा है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केन्द्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है आकाशवाणी केन्द्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई सामाजिक सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अन्रूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे

प्रसार भारती देश में डिजिटल टेरेस्ट्रीअल रेडियो शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है कई शहरों और क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर इस तकनीक के माध्यम से श्रोताओं का आकाशवाणी के कुछ चुनिंदा चैनल उपलब्ध कराए गए हैं प्रसार भारती द्वारा एफएम रेडियो के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी विकल्प का परीक्षण अंतिम चरण में है देश में डिजिटल एफएम रेडियो प्रसारण के मानकों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा तीर्थराज प्रयाग में कल माघ मेले के दौरान मकर संकांति के अवसर पर श्रद्वालु पहला स्नान करेंगे इस अवसर पर सभो तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के कड़ें बन्दोबस्त किये गये हैं और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करने के लिए कहा गया है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां होने वाली भारी भीड़ और प्रवासी पक्षियों के जमा होने को देखते हुए बर्ड फ्लू के मद्देनजर इस बात की हिदायत दी है कि श्रद्वालुओं को जागरूक किया जाए कि वे पक्षियों की बीमारी के चलते प्रवासी पक्षियों को दाना इत्यादि न खिलाएं यहां कल्पवास के लिए आने वाले श्रद्वालूओं से कोरोना निगेटिव टेस्ट रिर्पोट साथ लाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया था कल मकर संक्रांति और खिचड़ी क अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में मकर संकाति को विभिन्न पर्व क रूप में मनाया जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व हमारे देश की समृद्धि विरासत और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने भी मकर संकांति पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं समूचे देश में फसलों की कटाई का त्यौहार मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी मकर संक्रांति पोंगल भोगाली बिहू उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में कोविड संकमण कम होने के चलते नये कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट जारी है

प्रदश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि सात माह बाद कोरोना के प्रतिदिन मिलने वाले नये मामलों की संख्या पांच सौ से नीचे आई है उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना सकिय मामलों की संख्या एक हजार एक सौ बत्तीस है

उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में कारोना से आठ हजार पांच सौ उन्तोस मौते हुई हैं और कुल दो करोड़ सत्तावन लाख सात हजार आठ सौ ग्यारह जांचें की गई हैं उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन को प्रदेश के नौ स्थानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच स्टोर करके रखा गया है जहां से संबंधित सीएचसी और पीएचसी को भेजा जा रहा है उन्होंने बताया कि मेरा कोविड केन्द्र एप के माध्यम से उपयोग करता पांच किलोमीटर के दायरे मे कोविड़ जांच केन्द्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार शनिवार से विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार सम्पर्क में है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सोन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और निकट भागीदारी का अभ्यास करें बाइट दो वैक्सीन हैं एक कोवीशील्ड और एक कोवैक्सीन जिनको कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसे पॉपुलर लैंग्वेज में कहा जाता है ईयूए दिया गया है